निर्वाचन आयोग ने कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी जिसके बाद ईवीएम में डाले गये मतों की गिनती की जायेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में चौंतीस मतगणना केन्द्र बनाये गये हैं जहां सत्रह हजार कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है पटना सहित सात जिलों में दो दो लोकसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी प्रत्येक विधान सभा के लिए अलग टेब्रल बनाया गया है जिस पर कम से कम पैंतालीस कर्मी तैनात होंगे इस बार हरेक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच पांच बूथों पर डाले गये मतों का वीवीपैट से मिलान होगा जिससे अंतिम परिणाम आने में कुछ समय लगेगा श्री सिंह ने बताया कि मतगणना केन्द्रों की त्रि स्तरीय सुरक्षा की गयी है श्री सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी इसके अलावा परिसर के बाहर और मुख्य प्रवेश द्वार पर विडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी है मतगणना स्थल पर किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एम्ब्रलेंस मेडिकल टीम और फायर बिग्रेड का दस्ता मौजूद रहेगा इधर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव परिणाम की जानकारी देने की सार्वजनिक व्यवस्था की है लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाईन ऐप के माध्यम से मतगणना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं केंद्र ने आज राज्य सरकारों को सतर्क किया है कि कल होने वाली मतगणना के दौरान देश के विभिन्न भागों में हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं गृहमंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था और आपसी सद्भाव बनाए रखने की सलाह दी है इधर राज्य में मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की आज पटना में समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में गृह सचिव आमिर सुबहानी पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय और एडीजी कुंदन कृष्णन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे चुनावी हिंसा की आशंका के मद्देनजर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान की जांच हो रही है अगर बयान से प्रभावित होकर किसी तरह की हिंसा हुई तो श्री कुशवाहा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उल्लेखनीय है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने कल महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर चुनाव परिणाम में किसी तरह की गडबडी हुई तो जनता सड़कों पर उतर आएगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि पक्ष और विपक्ष को जनादेश का सम्मान करना चाहिए और चूनाव परिणामों को लेकर समाज में द्वेष फैलाने वाली बात नहीं करनी चाहिए लोजपा नेता ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं वे संविधान पर सवाल उठा रहे हैं वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने उपेंद्र क्शवाहा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि महामिलावट के नेताओं की ओर से ऐसी बातें करना द्र्भाग्यपूर्ण है श्री राय ने कहा कि लोकतंत्र में फैसला लेने का हक जनता को है और जनता के फैसले को स्वीकार नहीं करना लोकतंत्र का अपमान है निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतगणना की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जायेगा मतगणना से पहले वीवीपैट और ईवीएम के मिलान की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए आयोग ने कहा कि ऐसा करना स्थापित मानदंडों के विपरीत होगा आयोग ने स्पष्ट किया है कि वीवीपैट और ईवीएम का मिलान मतगणना के आखिर में ही किया जायेगा सत्रहवीं लोकसभा में चूनकर आने वाले नये सांसदों के लिए इस बार ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है और उन्हें आते ही स्थायी पहचान पत्र दिया जायेगा सडसठ साल के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब सांसदों को अस्थायी पहचान पत्र के बजाय सीधे ही स्थायी पहचान पत्र दिये जायेंगे लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने आज यह जानकारी दी भभुआ के पूर्व विधायक और बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रामचंद्र यादव की ओर से आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हथियार का प्रदर्शन करने पर पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है कि रामचंद्र यादव के हथियार का लाईसेंस रद्द किया जायेगा भभुआ के एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस रामचंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिये विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चुनाव परिणामों पर पहली बार लगातार चालीस घंटे का विशेष कार्यक्रम जनादेश दो हजार उन्नीस का प्रसारण करेगा कल सुबह सात बजे से शुक्रवार रात ग्यारह बजे तक हिन्दी और अंग्रेजी में इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण होगा वहीं प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से भी मतगणना की ताजा जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिये विशेष समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जायेगा प्रातः आठ बजकर तीस मिनट पर प्रसारित होने वाला हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण कल सुबह नौ बजे से किया जायेगा

इसके बाद पांच मिनट के विशेष चुनाव बुलेटिन का प्रसारण साढ़े नौ साढ़े ग्यारह और दोपहर डेढ़ बजे से किया जायेगा दोपहर तीन बजकर दस मिनट पर प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया है कल यह बुलेटिन दोपहर बाद चार बजे से चार बजकर दस मिनट तक प्रसारित होगा इसके बाद उर्दू में खबरों का प्रसारण चार बजकर दस मिनट से चार बजकर बीस मिनट तक किया जायेगा जबकि शाम साढ़े छह बजे पांच मिनट का विशेष समाचार ब्रुलेटिन प्रसारित होगा वहीं शाम साढ़े सात बजे प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन पंद्रह मिनटों का होगा रात आठ बजे से प्रादेशिक समाचार एकांश चुनाव परिणामों पर आधे घंटे का विशेष परिचर्चा आयोजित करेगा इस परिचर्चा में जाने माने पत्रकार और चुनाव विश्लेषक भाग लेंगे परिचर्चा के ठीक बाद रात साढ़े आठ बजे से पांच मिनट का विशेष समाचार ब्रुलेटिन प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से शाम छह बजकर पंद्रह मिनट से प्रसारित होने वाले मैथिली समाचार बुलेटिन की अवधि में भी विस्तार किया गया है कल यह बुलेटिन दस मिनटों का होगा निगरानी जांच ब्यूरो ने आज भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना प्रभारी को बीस हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इरफान अली ने एक मामले की केस डायरी न्यायालय भेजने के एवज में जगदीशपुर के थाना प्रभारी महेश्वर गिरी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत ब्यूरो में दर्ज करायी थी मामले के सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते थाना प्रभारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मनमानी फीस और शिक्षकों को निर्धारित वेतन से कम मिलने की शिकायतों को रोकने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को निजी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा है श्री जावडेकर ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्य्रक्रम में कहा कि निजी स्कूल भी अपने खर्चे को सार्वजानिक करें और कोई गुप्त राशि छात्रों से न लें प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित है गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने चक्रवाती दबाव के कारण मुजफ्फरपुर बांका पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी और गोपालगंज में अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ बारिश और व्रजपात की चेतावनी जारी की है सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के छपरा सीवान राष्ट्रीय राजमार्ग से पुलिस ने आज एक ट्रक से लगभग तैंतीस सौ लीटर विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है